इस अवसर पर आधुनिक भारत के निर्माण में लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल का योगदान विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने देशहित और अखंडता के लिए किए गए निर्णयों के कारण लौह पुरुष के रूप में याद किये जाते हैं वर्तमान में राजनीतिक परिद्व श्य में बढ़ता अधोपतन और अविश्वास से जो संकट पैदा हो रहा है उससे उबरने में सरदार पटेले की कार्यशैली ही प्रासंगिक है इस मौके पर सांसद राजबहादुर सिंह कुलपति प्रोफेसर आर पी तिवारी और विधायक शैलेन्द्र जैन मौजूद थे

इससे पहले सेड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक दिसम्बर से फास्टैग द्वारा ही राजमार्गो पर टोल भुगतान करने की घोषणा की थी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ज्यादातर नागरिक अब भी कई कारणों से अपने वाहनों को फास्टैग से नहीं जोड़ पाये हैं इसलिए कुछ और समय दिया गया है

वेबसाइट आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आज अपनी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम के उर्द संस्करण का लोकार्पण किया अब हिन्दी और इंग्लिश के अलावा उर्द मराठी और गुजराती भाषाओं में यह वेबसाइट उपलब्ध है वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए प्रमुख महा निदेशक समाचार ईरा जोशी ने कहा कि जल्द ही अन्य भाषाओं में भी वेबसाइट शुरू की जायेगी

कांग्रेस प्रदर्शन केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के साथ किये जा रहे भेदभाव के विरोध में आज प्रदेशभर में भाजपा सांसदों के कार्यालयों पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया इंदौर में सांसद शंकर लालवानी के घर के सामने प्रदर्शन के दौरान इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बकीवाला ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार प्रदेश को उसके हिस्से की मिलने वाली राशि नहीं दे रही है जिससे प्रदेश की जन कल्याण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं

फर्जी खबर जांच इकाई पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने फर्जी खबरों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालय से संबंधित समाचारों की पृष्टि के लिए विशेष जांच इकाई गठित की है सुचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी प्लेटफार्म से मिली संदिग्ध सामग्री का स्नैपशॉट लेकर ई मेल करने और इसकी समुचित पुष्टि करने को कहा है

आदर्श ग्राम पंचायत इस वर्ष अब तक देश में कुल एक हजार छह सौ तिरानवे ग्राम पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में चिन्हित किया गया है कल राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी देते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीणों में नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाना और अन्य लोगों के लिये उन्हें एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है

इसका उद्देश्य सांसदों की नेतृत्व क्षमता और वचन बद्वता को बढ़ाना है

अब कुछ समाचार संक्षेप में उमरिया जिले के पिनौरा गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाये गये स्वास्थ्य शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाईयां वितरित की गई

इन गौशालाओं में लगभग दो हजार पशुओं को रखा जायेगा उज्जैन संभागायुक्त ने शाजापुर जिले में जिलापंचायत सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिये शहडोल नगरपालिका में अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष को भी हटाने की मुहिम शुरू हो गई है